वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें

बच्चों में निराशा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक है उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोग तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलूओं पर खुलकर बातचीत करते हैं उन्होंने कहा कि तनाव से बचने के लिए परामर्श लेना बुरी बात नहीं है बल्कि इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा कुवैत सऊदी अरब जैसे देशों से भी विद्यार्थी भाग ले रहे थे

वहीं अनूपपुर के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाती विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा उधर शाजापुर जिले में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर स्कूली बच्चों और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला यहां स्कूलों में कार्यक्रम को दिखाये जाने के लिये विशेष इंतजाम किये गये थे

पर्यटन मंत्री पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में एडवेंचर और वॉटर ट्रिज्म की गतिविधियों का विस्तार किया जाये

श्री बघेल ने प्रसिद्व पर्यटन स्थल माँडू और साँची में जल्दी ही लाइट एण्ड साउण्ड शो शुरू करने के निर्देश दिये पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरि रंजन राव ने बैठक में बताया कि शीघ्र ही माँड्र पचमढ़ी और खजुराहो में गो हेरीटेज रन आयोजित की जायेगी

निधन पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जार्ज फर्नान्डिस का कल अंतिम संस्कार किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की उज्जैन में आज तड़के सड़क दुर्घटना में तीन बच्चों सहित एक ही परिवार के बारह लोगों की मौत हो गई थी पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना उज्जैन नागदा रोड पर उस समय हुई जब ये लोग विवाह समारोह से लौट रहे थे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है शहीद दिवस प्रदेश में कल शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के बलिदान दिवस और अन्य शहीदों की स्मृति में दो मिनिट का मौन धारण किया जायेगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों कमिश्नरों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं

जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि व्यवहारिक रूप से जहाँ भी संभव हो दो मिनिट का मौन शुरू होने और समाप्त होने की सूचना दी जाये लोगों से भी अपील की गई है कि सिग्नल सुनकर जो व्यक्ति जहाँ उपलब्ध हो खड़े होकर मौन धारण करें रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहीदों की याद में कल रायसेन में भी दो मिनट का मौन रखा जायेगा वहीं गुना और बैतूल में भी दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्वांजलि दी जायेगी वहीं कल मद्य निषेध संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है इस दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यशाला प्रदर्शनी वाद विवाद निबंध लेखन नाटक आदि का आयोजन किया जाएगा गौ अभ्यारण्य आगरमालवा जिले के सालरिया में स्थित गौ अभ्यारण में पिछले दिनों हुई गौ वंष की मृत्यु के मामले में कलेक्टर अजय गुप्ता ने संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया है दल में जिला पंचायत को अतिरिक्त सीईओ और गौ अभ्यारण के उप संचालक को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है जांच दल भूसे की गुणवत्ता उपलब्धता के साथ ही गौ वंष की मृत्यु के कारणों सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर तीन दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा स्वच्छ भारत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंदौर स्थित फील्ड आऊटरीच ब्यूरो द्वारा आज उज्जैन के जयसिंहपुरा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छ सर्वेक्षण कार्य में सहयोग कर रहे ओम सांई विजन और डिवाईन वेस्ट मेनेजमेंट एंड सर्विसेज के विशेषज्ञों ने घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे के साथ जैव अपशिष्ट तथा ई वेस्ट की विस्तार से जानकारी दी

जिला कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है और बदलते समय में पत्रकारों को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है सोशल मीडिया की महत्ता को रेखांकित करते हुए श्री गढ़पाले ने कहा कि सोशल मीडिया ने समाचार प्रवाह की दशा दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है उन्होंने कहा कि आजकल समाचारों को संक्षिप्त रूप में देने की जरूरत है

कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा बीती रात सबसे कम तापमान दो डिग्री सेल्सियस उमरिया में दर्ज किया गया शीतलहर के कारण भोपाल इंदौर सहित कई जिलों के स्कूलों में दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है मौसम विभाग ने आज रात पूर्वी और पश्चिमी मध्यप्रदेश के जिलों में तीव्र शीतलहर चलने की चेतावनी दी है